सदस्यों ने प्रदूषण को राजनीति से अलग रखकर इससे निपटने की आवश्यकता पर दिया जोर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा सभी नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए सुधार करना सरकार का उद्देश्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय में डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी को दी मंजूरी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का भी बढ़ाया गया दायरा प्रदेश में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई का क्रम जारी मथुरा पीलीभीत और शाहजहांपुर सहित कई जिलों में सैकड़ों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज गोवा में आज से शुरू होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी लोकसभा में कल दिल्ली में वायु प्रदूषण पर चर्चा हुई सदस्यों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और राजनीति से अलग रखकर इससे निपटना होगा चर्चा में भाग लेते हुए पश्चिम दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली में प्रदृषण का मुख्य कारण धूल और निर्माण गतिविवियां हैं उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने सुम्नाव दिया कि सरकार को स्वच्छ भारत की तर्ज पर स्वच्छ हवा आंदोलन शुरू करना चाहिए शिवसेना के अरविंद गणपत साकंत ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले अन्य तत्वों के अलाया इलेक्ट्रॉनिक कचरा और लीथियम बैटरी अधिक खतरनाक है इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कांप्रेस के अमर सिंह ने पराली जलाने की समस्या पर काबू पाने के लिए उपयुक्त कार्ययोजना का सुझाव दिया उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से पर्यावरण को नुकसान होता है राज्यसभा में सरोगेसी यानी किराए की कोख विनियमन विघेयक दो हजार उन्नीस पर चर्चा शुरू हो गई है विघेयक में व्यावसायिक किराए की कोख पर प्रतिबंध लगाने का प्राव्धान है लेकिन निस्वार्थ किराए की कोख की अनुमति होगी इसके प्राव्धानों में राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना तथा किराए की कोख के काम और प्रक्रिया के नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है विदेयक पेश करते हए स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत हाल के वर्षो में किराए की कोख के केन्द्र के रूप में उमरा है यह विधेयक नैतिक रूप तो जरूरी होने पर जरूरमंद गर्मवारण करने में असछल महिलाओं और प्रवासी भारतीयों सहित शादी मुदा भास्तीय जोड़ों को किराये की कोख की सुक्धा प्रदान करने का अक्सर देता है यह विधेयक किराये की कोख के व्यवसाय पर रोक लगाता है चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के राजीव गौड़ा ने विवेयक के कृष्ठ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे विवेयक से संतृष्ट नहीं हैं उन्होंने कहा कि नियम जटिल है और इन्हें सरल बनाने की जरूरत है समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जनता दल यूनाइटेड की कहकशा परवीन डी एम के के पी विल्सन और अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया संसद ने कल जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विषेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया राज्यसभा ने इस विषेयक को कल मंजूरी दी जबकि लोकसभा इसे पिछले सत्र में ही पारित कर चुकी थी विवेयक में जालियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक विवेयक उन्नीस सौ इक्यावन में संशोधन का प्रस्ताव है इसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को न्यासी के पद से हटाने का प्रावधान है विघेयक में स्पष्ट किया गया है कि जब लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होगा तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता न्यासी बनेगा विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी ट्रस्टी के रूप में अपने अध्यक्ष को हटाए जाने पर क्यों आपत्ति कर रही है चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने क्वियक का विरोध करते हुए कहा कि यह निहित स्वार्थ से प्रेरित है उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार ने कारोबारी सुगम्ता सूचकांक के बारे में भारत को उच्च स्थान पर लाने के लिए सुधार के ठोस प्रयास किए है अब इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में सुधार करना है श्री कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान और आई आई ई एस टी के निदेशकों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि आई आई टी और एन आई टी जैसे संस्थान प्रौद्योगिकी के नजरिए से नागरिकों के जीवनयापन को सुगम बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के संविदा शिक्षकों के मानदेय को डेढ गुना कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक के बाद आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत प्रोफेसर का मानदेय नबे हजार प्रतिमाह से बढ़ा कर एक लाख पैतीस हजार रूपये कर दिया गया है इसके अलावा असोसिएट प्रोफेसर का मानदेय अस्सी हजार से बढ़ाकर एक लाख बीस हजार रूपये कर दिया गया है जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को साठ हजार रूपये के स्थान पर नबे हजार रूपये दिये जायेंगे इसके साथ ही प्रवक्ता का मानदेय पचास हजार से बढ़ाकर पचहत्तर हजार रूपये किया गया है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष योजना का लाम हर गरीब को मिले इस मकसद से योजना का दायरा बढ़ाया गया है पहले चौबीस हजार से कम आय वाले लोर्गो को योजना का फायदा मिलता था लेकिन अब ग्रामीण इलाकों में छियालीस हजार और शहरी इलाकों में छप्पन हजार रूपये तक की आय वाले लोग भी इसके पात्र होंगे इसके साथ ही अस्पतालों का भी दायरा इस योजना के तहत बढ़ा दिया गया है अब गरीब किसी भी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अस्पतालों में मुफ़्त इलाज करा सकेंगे बैठक में मंत्रिमंडल बैठक में सोनमद्र जिले के उम्मा गांव के सैंतीस परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अमियान में शामिल करने का फैसला भी किया गया है उम्मा गांव में पिछले सत्रह जुलाई को दस आदिवासियों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से छूटे लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है प्रदेश सरकार की ओर से सख्त निर्देश जारी किये जाने के बाद सभी जिलों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई हैं मथ्रा में पराती जलाने वाले किसानों की सूचना अधिकारियों को न देने पर जिलाधिकारी ने पांच ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अविकार सीज कर दिए हैं साथ ही जिले में तीन सौ किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोलह किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है लापरवाही बरतने के आरोप में एक तेखपाल एवं दो कृषि विमाग के कर्मचारियों को निलम्बित और एक संविदा कर्मी को बर्खास्त किया गया है पीलीमीत जिले में पराली जलाने वाले सात किसानों को गिरफ्तार किया गया है और दो सौ सत्तर किसानों पर एफ आई आर दर्ज की गयी है पराती जलाने के मामले में कार्रवाई में लापरवाही बरतने के आरोप में एक राजस्व निरीक्षक और सात लेखपालों को भी निलम्बित कर दिया गया है शाहजहांपुर के निगोही इलाके के दो किसानों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज गोवा में शुरू हो रहा है इसके पचासवें संस्करण के प्रारंभिक समारोह के लिए पणजी पूरी तरह सुसज्जित है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद साकंत ने कहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में छियत्तर देशों की तीन सौ फिल्में दिखाई जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाष्ट जाबड़ेकर आज प्रारंभिक समारोह का उद्घाटन करेंगे महाअभिनेता अमिताभ बच्चन और सूपर स्टार रजनीकांत को इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा समारोह में दस हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसके साथ ही समारोह में मास्टर क्लासेज और बातचीत सत्र आयोजित होंगे प्रदेश के समी जिलों में रहने वाले सैन्य और असैन्य रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन संबंदी शिकायतों के समाधान के लिये आगामी तेईस और चौबीस नवम्बर को लखनऊ छावनी स्थित सेना विकित्सा कोर केन्द्र और कॉलेज के स्टेडियम में रक्षा पेंशन अदालत का आयोजन किया जा रहा है